लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर जयराम ठाकुर ने चुराह और वीरभद्र सिंह ने धर्मशाला में अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में की मतदान की अपील

फिर बिगड़ेंगे मौसम के तेवर मौसम विभाग की अगले दो दिनों के दौरान अंधड़ और ओलावृष्टि की चेतावनी

काजल इस बीच कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल ने आज धर्मशाला में पूरे दलबल के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और पार्टी के अन्य नेता भी इस दौरान मौजूद रहे नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कांग्रेस ने दाड़ी में एक चुनाव जनसभा का भी आयोजन किया जिसे पार्टी नेताओं ने संबोधित किया पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की चारों लोकसभा सीटे जीतने का दावा किया उन्होंने पंडित सुखराम को लेकर दिए अपने ब्यान को विरोधियों द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप भी लगाया पवन काजल रजनी पाटिल और मुकेश अग्निहोत्री ने जनसभा को संबोधित किया तथा कहा कि भाजपा झूठे वायदे करती है और उसके पास चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है मुख्यमंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि यूपीए सरकार के दस सालों के शासनकाल में देश विकास के लिए तरसता रहा क्योंकि उनके पास न तो कुशल नेतृतव था और न ही कोई नीति मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने देश में शासन के दौरान केवल अपना ही विकास किया मुख्यमंत्री आज चम्बा जिला के चुराह में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता मोदी लहर से घबरा कर चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुए उन्होंने चुनाव क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का भी जिक्र किया इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में शामिल होने की घोषणा भी की कांगड़ा से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर और स्थानीय विधायक व विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने भी जनसभा को संबोधित किया जयराम इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला से जारी एक ब्यान में कांग्रेस पर वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए देश को साम्प्रदायिकता की आग में झोंकने का आरोप लगाया है जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा के लिए देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और मोदी सरकार वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकती प्रचार लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार लगातार जोर पकड़ रहा है भाजपा व कांग्रेस के अलावा अन्य दल भी रैलियों व जनसंवाद के माध्यम से अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से समर्थन मांग रहे हैं मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्यशी रामस्वरूप शर्मा ने कुल्लू विधानसभा क्षेत्र की लगबैली और भूईन जबकि शिमला से सुरेश कश्यप ने कसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर जनसम्पर्क अभियान के माध्यम से वोट मांगे कश्यप ने इस दौरान कहा कि शिमला और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही समस्या का स्थाई समाधान उनकी प्राथमिकताओं में से एक है हमीरपुर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने आज झंडुता विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर और मंडी संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी आश्रय शर्मा और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर और आनी विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों पर चुनाव प्रचार किया परिणाम हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज दसवी की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है

सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि बोर्ड के इतिहास में पहली बार अप्रैल महीने में परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है इससे पहले ये परिणाम मई में घोषित होता था राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज राजभवन शिमला में हिमालयन आइबैक्स पर आधारित लघु वृत्त चित्र फिल्म द हिमालयन आईबैक्स डैन का पोस्टर जारी किया हिमालयन वेलोसिटी द्वारा प्रस्तुत फिल्म निर्माता देवकन्या ठाक्र और पुष्पराज ठाक्र के निर्देशन में तैयार की गई है इस लघ् फिल्म में दर्शाया गया है कि स्थानीय महिलाओं ने इस वन्य प्राणी की सुरक्षा तथा संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है राज्यपाल ने फिल्म निर्माताओं के प्रयासों की सराहना की और उम्मीद जताई कि इस फिल्म से अन्य लोगों को भी इस विलुप्तप्रायः जानवर की रक्षा के लिए प्रेरणा मिलेगी इस फिल्म को पहले ही देश के कई पर्यावरण और वन्य जीव फिल्म समारोहों में चयनित किया जा चुका है

इस अग्निकांड में चार वर्षीय एक बालिका जिंदा जल गई मृतका की पहचान बिहार के बेगूसराय निवासी कुंदन दास की पुत्री संध्या के रूप में हुई है आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है माकपा माकपा प्रदेश सचिवालय सदस्य संजय चौहान ने शिमला पुलिस पर मारपीट के शिकार एक परिवार के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है संजय चौहान ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि शहर के ढली क्षेत्र में हुई मारपीट की इस घटना में पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला तक दर्ज नहीं किया यहां तक कि पीड़ित परिवार को अस्पताल में सही उपचार नहीं दिया गया उन्होंने सरकार से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और दोषी पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है महिला कांग्रेस प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने भाजपा पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया है चंदेल ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा नेता वोटों की खातिर आए दिन महिलाओं को लेकर अमर्यादित ब्यान दे रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला सुरक्षा आसमान छूती महंगाई और कानून व्यवस्था की खराब हालत मौजूदा चुनाव में कांग्रेस के प्रमुख मुद्दे हैं जैनब चंदेल ने यह भी कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरी है और चारों सीटों पर जीत दर्ज करेगी अनुराग हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी व सांसद अनुराग ठाक्र ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में हार सामने देख कांग्रेस जातिवाद का जहर फैलाकर समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही है अनुराग ठाक्र आज सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव का सफर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है विपक्षी खेमे की हताशा और भी बढ़ती जा रही है मौसम प्रदेशवासियों को एक बार फिर मौसम के बिगडे तेवरों का सामना करना पड़ेगा मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों के मुताबिक हिमालय क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है

इस बीच राज्य के निचले इलाकों में लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ रहा है